सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण में छह मई को मतदान

कई हिस्सों में आंधी पानी और बिजली गिरने से कम से कम पांच लोगों के मौत की खबर लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण लोकसभा क्षेत्रों के लिए सोमवार छह मई को मतदान कराया जाएगा पांचवे चरण में लगभग अट्ठासी लाख मतदाता बयासी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे इस चरण में मुजफ्फरपुर सीट पर सबसे अधिक बाईस और हाजीपुर में सबसे कम ग्यारह उम्मीदवार मैदान में हैं सीतामढ़ी में बीस मध्रबनी में सत्रह और सारण में बारह प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा उसमें सारण संसदीय सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी तथा लालू प्रसाद के समधी और राजद नेता चंद्रिका राय मधुबनी से कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शकील अहमद सीतामढ़ी से राजद के अर्जुन राय और जदयू के सुनील कुमार पिंटू के साथ ही मुजफ्फरपुर से भाजपा के अजय निषाद और वीआईपी पार्टी के राजभूषण चौधरी के नाम शामिल है जबकि हाजीपुर से लोजपा के पशुपति कुमार पारस और राजद के शिवचंद्र राम भी चूनाव मैदान में हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाल्मिकीनगर के रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण और वाल्मिकीनगर संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे वाल्मिकीनगर से जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो पश्चिम चंपारण से भाजपा के संजय जयसवाल और पूर्वी चंपारण से भाजपा के राधामोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इन सीटों पर छठे चरण में बारह मई को मतदान कराया जायेगा इस सभा में जदयू अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सारण के दरियापुर और मकेर तथा पश्चिमी चंपारण के रामनगर में तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र कटैया के खुरहुरिया में एनडीए प्रत्याशी आलोक सुमन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सीतामढ़ी शहर में रोड शो करेंगे वहीं राजद नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के तुर्की सीतामढ़ी के सुरसंड सारण के नयागांव वैशाली के विदुपुर बनगामा और महनार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे लोकसभा के पांचवें छठे और सातवें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने दल के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है भाजपा के वरिष्ठन नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बयान जारी कर कहा है कि बारह साल से ज्यादा समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और पिछले पांच साल से देश के प्रधानमंत्री रहने वाले नरेन्द्र मोदी के पास स्थायी सम्पत्ति नहीं के बराबर है लेकिन चार साल के राजनीतिक जीवन वाले बिहार के नेता प्रतिपक्ष उनतीस वर्ष में ही बावन से अधिक सम्पत्ति के मालिक कैसे बन गए लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने हाजीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि एनडीए ने सभी वर्गो को मुख्य धारा से जोड़ा है वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा संविधान को समाप्त करने की साजिश कर रही है यह लड़ाई देश में संविधान बचाने की है श्री यादव वैशाली के राघोपुर में महागठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे इधर हम अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने गिरिराज सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भाषाई आतंकवादी होने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि ये लोग समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में उन्नीस मई को होने वाले मतदान के लिये मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन चालीस हजार तीन सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रंगोली बनवाने जा रहा है यह मतदान को लेकर विश्व की सबसे बड़ी रंगोली होगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे वाहन जांच अभियान में मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने सात लाख अठहत्तर हजार रूपये नकद और दस किलोग्राम चांदी बरामद किया है वहीं एसआईटी ने पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वाहन से बयासी लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण और विदेशी शराब बरामद की है लोकसभा चुनाव को लेकर पटना साहिब और फतुहा विधानसभा क्षेत्र में लगभग एक दर्जन बूथों पर केवल महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया जायेगा कोर्ट ने आचार संहिता उल्लघंन के मामले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है यह मामला तेरह साल पहले का है सीबीआई ने ग्यारह लड़कियों की हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में बताया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुराचार मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके गुर्गों पर ग्यारह लड़कियों को मारने का आरोप है सीबीआई की ओर से यह बताया गया कि मुजफ्फरपुर के एक श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली बरामद हुयी है यह सूचना सीबीआई ने उस याचिका के जवाब में दी है जिसमें उस पर मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाया गया था बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तुफान फोनी के कारण बिहार में भी बड़े पैमाने पर क्षति हुयी है राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी और बिजली गिरने से पांच लोगों के मौत की खबर है कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गये साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से फोनी के टकराने के बाद बिहार के अधिकांश हिस्सों में बादल छा गये राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गयी राजधानी पटना समेत प्रदेश के बारह जिलों में फोनी का असर पड़ा है पश्चिम चंपारण में ठनका से दो लोगों के मौत की खबर है जबकि मुजफ्फरपुर सीवान और छपरा में पेड़ गिरने से एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं कई लोग घायल हो गये इधर तेज हवा के साथ बारिश के कारण तापमान में कमी दर्ज की गयी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हालांकि फसलों पर इसका बुरा असर देखा गया आम और लीची के साथ ही खलिहान में रखे गेहूं की फसल को पड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर है इसके अलावा बारिश के चलते कई शहरों के निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है हालांकि दोपहर के बाद मौसम साफ होने की संभावना है इस बीच पूर्णिया सहित पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिया हो रही है पूर्व मध्य रेलवे ने सुरक्षा के द्रष्टिकोण से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है आज नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस रद्द रहेगी वहीं पूरी से खुलने वाली पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द रहेगी पटना हवाई अड्डे से बेंग्लुरू और कोलकाता जाने वाली सीधी उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचारों पत्रों ने चक्रवाती तुफान फोनी से हुयी तबाही को प्रमुखता से छापा है

दैनिक भास्कर लिखता है ओडिशा में बीस साल का सबसे भीषण तूफान लेकिन सबसे कम नुकसान प्रभात खबर का शीर्षक है आज थम जायेगा पांचवें चरण के लिये चुनाव प्रचार दैनिक जागरण का शीर्षक है फोनी ने ओडिशा में मचायी तबाही बिहार में भी पांच मरे

सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण में छह मई को मतदान

कई हिस्सों में आंधी पानी और बिजली गिरने से कम से कम पांच लोगों के मौत की खबर